यह निर्णय कल नई दिल्ली में केन्द्रीय जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया

परियोजना के अंतर्गत बिजली उत्पादन के पूर्ण अधिकार हिमाचल के पास रहेंगे विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार बच्चों के सर्वागीण विकास के लिए कृतसंकल्प है इसके लिए सरकार जहां शिक्षा के गुणात्मक और ढांचागत विकास को सुनिश्चित कर रही है वहीं खेलों को भी पाठयक्रम का हिस्सा बनाया गया है

समिति प्रदेश विधानसभा सचिवालय में दो दिवसीय जन प्रशासन समिति की बैठकें हुई यह बैठकें राकेश पठानिया की अध्यक्षता में संपन्न हुईं इनमें निर्णय लिया गया कि समिति अक्तूबर माह में अध्ययन प्रवास पर जाएगी

मौसम राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में बीती रात से रूक रूक कर वर्षा हो रही है कांगड़ा और सिरमौर जिलों में भी हल्की बर्षा का समाचार है जबकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने बस किराए से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

अमर उजाला के शब्द हैं हिमाचल में बसों का न्यूनतम किराया सौ फीसदी तक बढ़ाने की तैयारी में सरकार

दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक हिमाचल में सस्ता होगा पैट्रोल डीजल सफर मंहगा अमर उजाला ने खबर दी है जीएसटी देने में असफल रहे कारोबारियों को राहत देरी से टैक्स जमा करवाने पर नहीं लगेगी पेनल्टी आय से अधिक संपति मामले पर धूमल को क्लीनचिट शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है स्टेट विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार पर जयराम सरकार ने बंद करवाई जांच

जिंदान हत्याकांड पर दैनिक जागरण की सुर्खी है तीनों आरोपितों ने जुर्म कबूला

आपका फैसला ने खबर दी है जयराम सरकार का सौर ऊर्जा परियोजनाओं को ग्रीन सिग्नल अजीत समाचार लिखता है सिरमौर में गिरी नदी पर बनेगा रेणुका बांध मौसम पर अमर उजाला का शीर्षक है कल से दो दिन छह जिलों में भारी बारिश की चेतावनी एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय युवाओं से खेल में लिखा है कि जेबीटी शिक्षक भर्ती में सामान्य श्रेणी की सीटें आरक्षित वर्ग के अम्यर्थियों से भरना संगीन मामला है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय आंखें खोलता मंडी जनपद में लिखा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्षों से सोए सपनों को अपने इरादों की आंखों से हकीकत के दर्शन कराए हैं तथा मंडी में उनकी सशक्त होती भूमिका पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए आपका फैसला ने अपने संपादकीय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी पर विचार व्यक्त किए हैं